प्रदेश में भोपाल सहित सभी जिलों के बाजारों में लौटी रौनक कंटेनमेण्ट इलाकों को छोड़कर खुलने लगी हैं दुकानें

बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कहा कि किसानों को अपना ऋण चुकाने के लिए अगस्त तक का समय मिलेगा वहीं एक अन्य फैसले में सूक्ष्म लघ् और मझोले उद्यमों एमएसएमई किसानों और रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका चलाने वालों की सहायता करने के लिए ये ऐतिहासिक फैसले किए गए थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म लघ और मझौले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाईयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा

ऐसे उद्यमों में निर्यात से कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी

राज्य में इंदौर भोपाल और उज्जैन सबसे बड़े हाटस्पाट अभी भी बने हुए हैं भोपाल में कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर शहर में अधिकांश दुकाने खुल गयी हैं आज यहां के मुख्य मार्गों और खासतौर से नए शहर में कई दिनों बाद काफी चहल पहल नजर आयी हालाकि सार्वजनिक परिवहन सेवा से संबंधित वाहन अभी नहीं चल रहे हैं उधर इंदौर शहर में कुछ शर्तो के साथ बाजार खुले तो सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र बेटमा राऊ गौतमपुरा हातोद मानपुर देपालपुर और सांवेर में लगभग सभी दुकानों के शटर आज खुल गए

उज्जैन देवास धार खरगोन शाजापुर आगरमालवा नीमच मंदसौर रतलाम और पश्चिमी हिस्से के अन्य जिलों में भी कंटेनमेंट क्षेत्र के अलावा वाले हिस्सों में बाजार ग्रलजार होने लगे हैं

उधर राजगढ़ में कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मंदसौर में भी आज से बाजार खोल दिये गये हैं जिला प्रशासन ने दकानदारों से खराब हो चुकी सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिये हैं वहीं राज्य के बुंदेलखंड विंध्य और महाकौशल अंचल के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन फोर के दौरान ही काफी रियायतें मिल गयी थीं हालाकि आज से और ढील मिलने के कारण बाजारों में अब चहलपहल काफी देखी जा रही है अभी धार्मिक स्थल सिनेमाहाल सार्वजनिक स्थल स्कूल और कोचिंग आदि पूरी तरह बंद हैं स्थानीय प्रशासन स्थिति की नियमित समीक्षा कर अपने अपने शहर या जिले में बाजार खोलने संबंधी अन्य निर्णय भी ले सकेंगे केशरी पास अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश से बाहर जाने और अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश आने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी इसी तरह प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी किसी प्रकार के पास और अनुमति की आवश्यक नहीं होगी

हालांकि इनमें से आधे से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज चार नये मरीजों का पता चला है इनमें से दो व्यक्ति मोहखेड़ और दो व्यक्ति पांढुर्ना के रहने वाले हैं ये पिछले दिनों अहमदाबाद और चेन्नई से वापस लौटे हैं

कटनी में आज दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है

उधर इंदौर में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान आज इंदौर पहुंचे इस दौरान उन्होंने कण्टेनमेण्ट क्षेत्रों को छोटा रखने और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट का समय बढ़ाये जाने के निर्देश दिये

दमोह में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का पता चला है सीएमएचओ डाक्टर तुलसा ठाकुर ने बताया है कि एक नर्स के कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई हैं

शहडोल में कोरोना का एक और मामला सामने आया है जिससे संक्रमितों की संख्या दस हो गई है हालांकि एक्टिव केस सात हैं कोरोना स्वस्थ राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल से आज एक सौ आठ कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे इसके साथ ही इस हॉस्पिटल से अब तक एक हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज हॉस्पिटल पहचे और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोरोना से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है आवश्यकता है सावधानी रखने की और कोरोना चक्र तोड़ने की उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि चिरायू अस्पताल एक हजार से अधिक मरीजों को स्वस्थ कर सक्शल घर भेजने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है उधर अशोकनगर में भी आज सात मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे वहीं दमोह में भी लोग तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं जिला अस्पताल में पदस्थ डाक्टर दिवाकर पटेल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जिला कोरोना संक्रमण मुक्त हो जायेगा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुर्घटना होशंगाबाद जिले के तवा नर्मदा नदी संगम स्थल बांद्राभान से दो किलोमीटर दूर घानाबढ़ घाट पर हुई मौसम किसानों के लिए अच्छी खबर है देश में इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा

इस बीच मानसून आज केरल पहुंच गया है इधर मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने लगा है राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बादल छाये हुए हैं उधर टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नौतपे के आठवे दिन आज जिले में कई स्थानों पर बारिश हई रतलाम में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भोपाल होशंगाबाद इंदौर उज्जैन और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई

वाणिज्य कर विभाग ने इसके निर्देश जारी किये

यह श्रमिक लॉक डाउन के कारण सतना जिले में आ गए थे

गुना सीहोर शिवपुरी होशंगाबाद सहित सभी जिलों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

ये जयसिंहनगर से ब्यौहारी की तरफ बढ़ गया इस दौरान कृषि विभाग और किसानों ने कीटनाशक का छिड़काव और तेज आवाज के जरिये इन्हें भेगाया